महासप्तमी के मौके पर शक्तिपीठों और मंदिरों में भक्तों की उमड़ी भीड़

प्रदेश में इस वर्ष सामान्य से कम बारिश के कारण राज्य सरकार ने तेईस जिलों के दो सौ छह प्रखंडों को सूखाग्रस्त घोषित कर दिया है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में पटना में हुई बैठक में यह फैसला लिया गया कृषि विभाग के प्रधान सचिव ने बताया कि खेतों की वास्तविक स्थिति फसलों के सूख जाने और अनुमानित उत्पादन घटकर पैंतीस प्रतिशत से कम रह जाने को देखते हुए सरकार ने इन प्रखंडों को सूखाग्रस्त घोषित करने का निर्णय लिया है उन्होंने बताया कि राज्य सरकार सूखाग्रस्त प्रखंडों को लिए हर संभव सहायता उपलब्ध कराएगी इन इलाकों में किसानों से हर तरह के सहकारिता ऋणों भू राजस्व कर सिंचाई और बिजली बिल की वसूली को स्थगित कर दिया गया है प्रभावित किसानों को कृषि विभाग तत्काल राहत के लिए डीजल और बीज पर सब्सिडी देगा किसानों को फसल बीमा और सहायता योजना के लाभ उपलब्ध कराने के लिए भी सभी उपाय किये जाएंगे राज्य सरकार ने किसानों से फसल बीमा योजना का लाभ लेने के लिए इस महीने की इकतीस तारीख तक और सब्सिडी योजना के लिए पंद्रह नवंबर तक अपना पंजीकरण कराने को कहा है प्रवर्तन निदेशालय ने बहुचर्चित इंटरमीडिएट टॉपर घोटाले के मुख्य आरोपी अमित कुमार उर्फ बच्चा राय की वैशाली जिले में स्थित अठाईस अचल संपत्तियों को जब्त कर लिया है ईडी की टीम ने वैशाली जिले के भगवानपुर में बच्चा राय के अठाईस भू खण्डों पर जब्ती का बोर्ड लगा दिया इन संपत्तियों की कीमत करोड़ों रूपये बतायी जाती है ये सारे भू खण्ड बच्चा राय उसकी पत्नी पिता भाई और भाई की पत्नी के नाम पर थे जब्त की गई संपत्तियों में हाजीपुर में जमीन और मकान भगवानपुर में तेरह प्लॉट और मकान टेहरी कला में ग्यारह प्लॉट और पातेपुर में दो प्लॉट शामिल हैं बच्चा राय द्वारा संचालित ट्रस्ट की संपत्तियों को अभी जब्त नहीं किया गया है ईडी के सूत्रों ने बताया कि जल्द ही इन संपत्तियों को भी जब्त करने की कार्रवाई की जायेगी वहीं पटना और झारखण्ड के सरायकेला में बच्चा राय के मकानों को भी जब्त करने की कार्रवाई शुरू कर दी गयी है गौरतलब है कि वर्ष दो हजार सोलह में बच्चा राय ने बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के तत्कालीन अध्यक्ष लालकेश्वर प्रसाद सिंह और अन्य कर्मियों की मिलीभगत से इंटरमीडिएट परीक्षा में वैसे छात्र छात्राओं को टॉपर बनावाया था जो इसके योग्य नहीं थे साथ ही बड़े पैमाने पर कॉपियों में हेरफेर कर परीक्षा परिणाम में गड़बड़ी की गयी थी राजधानी पटना में डेंगू के इकहत्तर नये मरीजों की पहचान हुयी है पीएमसीएच में सत्ताईस और आईजीआईएमएस में चौवालीस डेंगू मरीजों की कल प्रष्टि हुयी पीएमसीएच के अधीक्षक डॉक्टर राजीव रंजन प्रसाद ने बताया कि इस मौसम में अस्पताल में डेंगू के दो सौ सतहत्तर मरीजों का इलाज हो चुका है इधर स्वास्थ्य मंत्री मंगल पाण्डेय ने कहा है कि डेंगू और चिकनगुनिया को लेकर विभाग पूरी तरह सतर्क है और नगर विकास विभाग के साथ मिलकर मच्छरों के नियंत्रण के लिये विशेष अभियान चलाया जा रहा है शारदीय नवरात्र के सातवें दिन आज देवी दुर्गा के कालरात्रि स्वरूप की प्रजा अर्चना की जा रही है आज प्रजा पंडालों में देवी प्रतिमाओं के पट खोले जायेंगे जिला मुख्यालयों से हमारे संवाददाताओं ने खबर दी है कि महासप्तमी पूजन को लेकर मंदिरों और शक्तिपीठों में सुबह से ही भक्तों की भीड़ उमड़ रही है पूजा पंडालों को आकर्षक ढंग से सजाया गया है पंडाल और आस पास रौशनी की पर्याप्त व्यवस्था की गयी है इधर पूजा स्थलों पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किये गये हैं रेलवे स्टेशनों पर बढ़ रही भीड़ को देखते हुये जीआरपी और आरपीएफ ने चौकसी बढ़ा दी है प्रमुख स्टेशनों पर तलाशी अभियान तेज हो गया है पुलिस मुख्यालय ने दरभंगा भागलपुर और पटना में अर्द्वसैनिक बलों की तैनाती की है संवेदनशील स्थानों पर सीसीटीवी कैमरे से आने जाने वाले लोगों की गतिविधियों पर नजर रखी जा रही है ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने कहा है कि दीपावली तक प्रदेश में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत तीन लाख आवासों का निर्माण पूरा कर लिया जायेगा उन्होंने कहा कि राज्य सरकार आवास विहीन लोगों को आवास उपलब्ध कराने के कार्यों में तेजी ला रही है ग्रामीण कार्य मंत्री शैलेश कुमार ने कहा है कि ग्रामीण टोला संपर्क निश्चय योजना में शामिल की गयी सड़कों को चालू वित्तीय वर्ष में पूरा करने के लिये विशेष अभियान चलाया जायेगा विभागीय समीक्षा बैठक में उन्होंने कहा कि इस योजना के तहत चार हजार चार सौ तिरसठ सड़कों का निर्माण किया जाना है कृषि मंत्री प्रेम कुमार ने कहा है कि सभी प्रखण्डों में कृषि उत्पादन संगठन एफपीओ का गठन किया जायेगा उन्होंने कहा कि एफपीओ की एक इकाई के लिये कम से कम पचास किसानों का होना अनिवार्य है श्री कुमार ने कहा कि अब तक दो सौ सात ऐसी इकाईयों का गठन किया जा चुका है जबकि तीन सौ बासठ के गठन की प्रक्रिया पूरी की जा रही है पूर्व मध्य रेलवे दीपावली और छठ पूजा के दौरान बिहार आने वाले यात्रियों की सुविधा के लिये सात जोड़ी विशेष ट्रेन चलायेगा पूर्व मध्य रेलवे के सीपीआरओ राजेश कुमार ने बताया कि ये ट्रेनें दिल्ली से पटना गया भागलपुर जयनगर मुजफ्फरपुर बरौनी और दरभंगा तक के लिये चलेंगी भाजपा पूरे प्रदेश में सत्ताईस से तीस अक्टूबर तक बूथ स्तर पर विशेष सदस्यता अभियान चलायेगी इससे पूर्व पच्चीस और छब्बीस अक्टूबर को पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री और प्रदेश प्रभारी भूपेंद्र यादव तथा प्रदेश अध्यक्ष नित्यानंद राय विभिन्न जिलों में आयोजित बैठक में शामिल होंगे बक्सर में चल रहे राज्य पुरूष सीनियर कबड्डी प्रतियोगिता में पटना की टीम ने कटिहार को पराजित कर सेमीफाइनल में जगह बना ली है सेमीफाइनल मुकाबले में पटना का मुकाबला पूर्व मध्य रेलवे की टीम से होगा वहीं एक अन्य सेमीफाइनल मैच में बक्सर की टीम का मुकाबला बेगूसराय से होगा आज ही सेमीफाइनल और फाइनल के सभी मैच खेले जायेंगे सीबीएसई पूर्वी जोन तैराकी प्रतियोगिता में बिहार के खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन करते हुये दस स्वर्ण सात रजत और ग्यारह कांस्य पदक जीते हैं प्रदेश के अधिकतर स्थानों पर न्यूनतम तापमान सामान्य से दो से तीन डिग्री सेल्सियस तक नीचे चला गया है मौसम विभाग के अनुसार पछुआ हवा के कारण मौसम में ये परिवर्तन हुआ है विभाग ने आज न्यूनतम तापमान सामान्य स्तर पर पहुंचने की संभावना जतायी है दशहरा तक आसमान बिल्कुल साफ रहेगा अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां आज के सभी समाचार पत्रों ने दो सौ छह प्रखडों को सूखाग्रस्त घोषित करने की खबर को प्रमुखता से छापा है

बहुचर्चित इंटर टॉपर घोटाले के मुख्य आरोपी बच्चा राय से जुड़ी खबर को दैनिक जागरण ने सुर्खी दी है टॉपर घोटाले के किंगपिन बच्चा राय की संपत्ति जब्त दैनिक भास्कर ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के हवाले से लिखा है उर्दू विषय के एक सौ दो सहायक प्रोफेसरों की होगी नियुक्ति प्रभात खबर ने मी टू अभियान से जुड़ी खबर को पहले पन्ने पर जगह दी है अखबार लिखता है एमजे अकबर ने प्रिया रमानी के खिलाफ किया मुकदमा राष्ट्रीय सहारा लिखता है दिल्ली एनसीआर की हवा में जहर आपात योजना लागू आज ने लिखा है एम्स में डॉक्टरों से मारपीट कन्हैया पर मुकदमा

महासप्तमी के मौके पर शक्तिपीठों और मंदिरों में भक्तों की उमड़ी भीड़